केन्द्र सरकार ने आज कहा कि वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पदोन्नति में आरक्षण के बारे में उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय का अध्ययन करने के बाद उचित कदम उठाएगी शीर्ष न्यायालय ने अपने हाल के फैसले में कहा था कि नौकरियों तथा पदोन्नति में आरक्षण मूल अधिकार नहीं है राज्यसभा में बयान देते हुए सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार इस मामले में न तो कोई पक्ष थी और न ही कोई शपथ पत्र दाखिल किया है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि शीर्ष न्यायालय का निर्णय दो हजार बारह में उत्तराखंड में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के आदेश पर आधारित है उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम दो हजार अठारह की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है न्यायमूर्ति अरूण मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोई अदालत केवल उन्हीं मामलों में अंतरिम जमानत दे सकती है जहां प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता हो पीठ ने कहा कि इस कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के पहले प्रारंभिक जांच आवश्यक नहीं है तथा वरिष्ठ प्रलिस अधिकारियों का अनुमोदन भी जरूरी नहीं है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह साबित हो गया है कि एनडीए सरकार इन दोनों वर्गों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि इस फैसले के बाद अब इस कानून के तहत शिकायत पर आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी होगी उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी सड़कों को अनिश्चितकाल तक अवरूद्ध नहीं कर सकते न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने इस इलाके से प्रदर्शनकारियों को हटाने वाली याचिका पर केन्द्र दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया है न्यायालय ने कहा कि लोगों को विरोध का अधिकार है लेकिन सार्वजनिक सड़कों को अवरूद्ध करने का नहीं ऐसे विरोध अनिश्चितकाल तक नहीं किये जा सकते अगर वे प्रदर्शन करना चाहते हैं तो विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान पर ही करें पीठ ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना वह कोई फैसला नहीं देगी मामले की अगली सुनवाई सत्रह फरवरी को होगी एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान आज से देशभर में शुरू हो गया है अठारह दिन का यह अभियान सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आयोजित किया है यह कार्यक्रम इस महीने की अट्ठाईस तारीख तक चलेगा इस अभियान का उद्देश्य देश की विविधता में एकता को रेखांकित करना तथा सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को बीच सम्पर्क से राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत करना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक सम्पर्क बढ़ाने का विचार रखा था एक रिपोर्ट बाईट इस कार्यक्रम के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की जोड़ियां बनाई गई हैं ये जोड़ियां भाषा साहित्य भोजन त्यौहार सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यटन के जरिये एक दूसरे के सूत्र में बंधने का प्रयास करेंगे प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश इस कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर गतिविधियों को तैयार करते हैं आपसी परामर्श कर सालमर की गतिविधियों की एक रूपरेखा तैयार की जाती है दो केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को तमिलनाडू के साथ जोड़ा गया है पंजाब को आंध्रप्रदेश के साथ हिमाचल प्रदेश को कर्नाटक के साथ दिल्ली को सिक्किम के साथ ओड़िसा को महाराष्ट्र के साथ और असम को राजस्थान के साथ जोड़ा गया है अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार के साथ मिजोरम और त्रिपुरा को जोड़ा गया है पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के दलदली रोड इलाके में आज सुबह हुए विस्फोट में सात लोग घायल हो गए घायलों को इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है वरिष्ठ पूलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा ने बताया कि एफएसएल की जांच में पता चला है कि एलपीजी सिलिंडर में रिसाव के कारण विस्फोट हुआ शक्तिशाली विस्फोट में दो मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए और आसपास के कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है वहीं समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के जोकिया गांव में बम विस्फोट की घटना में तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश नोवेल कोरोना वायरस की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है इस मुद्दे पर लोकसभा में उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक सतर्कता बरती जा रही है और सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है बाईट वर्तमान में चीन से आने वाले किसी भी विदेशी नागरिक का वर्तमान वीजा जिसमें पूर्व में जारी वीजा सम्मिलित है को अमान्य किया गया है भारत में दौरे के लिए विवश लोगो को बीजिंग में भारतीय दृतावास अथवा शंघाई या ग्वांगझो में दूतावास से संपर्क करने को कहा गया है भारतीय नागरिकों को चीन से यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है अब से लोगों को चीन से यात्रा कर लौटने पर कॉरनटाइन किया जायेगा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना वायरस की स्थिति की निगरानी के लिए एक पैनल गठित किया है स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों से इस मुद्दे पर वीडियो कांफ्रेंसिंग कर रहा है बाईट इस रोग को फैलने से रोकने और सीमित रखने हेतु भारत सरकार ने अनेक कार्य प्रारम किये हैं मैं स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा कर रहा हूं स्थिति पर निगरानी रखने के लिए मेरी अध्यक्षता में एक मंत्री समूह का गठन किया गया है जिसमें विदेश मंत्री नागर विमानन मंत्री एवं गृह राज्य मंत्री नौ वहन राज्यमंत्री और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण राज्य मंत्री शामिल हैं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने और तेज पछुआ हवा के कारण प्रदेशभर के औसत तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की कमी आयी है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड में और बढ़ोतरी हो सकती है आज छह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा पूर्णियां का न्यूनतम तापमान आठ पटना का आठ दशमलव सात और भागलपुर का नौ दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिन्दा राजपक्ष ने आज बोधगया में महाबोधि मंदिर में प्रजा अर्चना की मंदिर परिसर में स्थित बोधिवृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया इस दौरान एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल भी उनके साथ था इससे पूर्व उन्हें गया हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने श्रीलंकाई प्रधानमंत्री की अगुवानी की नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में अरवल जिले के तेलपा बाजार में भाजपा की ओर से जागरूकता सभा का आयोजन किया गया वहीं शेखपुरा में भी सीएए के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सघन जनसम्पर्क अभियान चलाया गया बीसवीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता की आज रोहतास जिले के डिहरी रिथत बिहार सैन्य पुलिस टू के शूटिंग रेंज में शुरूआत हुई प्रतियोगिता का उद्घाटन पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पाण्डेय ने किया इक्कीस राज्यों की पुलिस और अर्द्वसैनिक बलों की तीस टीमों के सात सौ पैंतालीस खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं बिहार में पहली बार आयोजित इस प्रतियोगिता के तहत कल से विभिन्न स्पर्धाओं की शुरूआत होगी प्रतियोगिता का समापन पन्द्रह फरवरी को होगा सीतामढ़ी जिले के परिहार थाना क्षेत्र अन्तर्गत भिसवा रोड पर अपराधियों ने एक ट्रक चालक से आठ लाख रूपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि चालक पैसे वसूली कर कम्पनी जमा कराने जा रहा था वहीं समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर गाँव के पास अपराधियों ने निजी फायनांस कम्पनी के एक कर्मचारी को गोली मारकर घायल कर दिया और तीन लाख रूपये लूट लिये